मंत्रालय ने कहा कि अंतिम निर्णय जनता की राय और राज्य सरकारों के परामर्श से लिया जाएगा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सरकार ने किसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को फिलहाल मंजूरी नहीं दी है विशेषज्ञों से मात्र मसौदा मिला है उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी

पर्वतारोहियों को पिथौरागढ़ लाया गया है

बचाव कार्य शनिवार को उस वक्त शुरू किया गया जब ये लोग अपने बेस कैंप नहीं लौटे पर्वतारोही दल से सहायता की मांग के बाद जिला प्रशासन ने आईटीबीपी के पर्वतारोही की मदद से उनके बचाव के लिए अभियान शुरु किया पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी डॉ विजय कमार जोगदंडे ने इस बात की जानकारी दी

इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार को नोडल अधिकारी बनाया गया है इस संबंध में हल्द्वानी में हुई एक बैठक में विनीत कुमार ने कहा कि प्रद्षण के चलते नदियों के आसपास जल स्रोत भी सूखने लगे हैं ऐसे में जल स्रोतों के रिचार्ज के साथ ही नदियों के पुनरोद्वार का कार्य किया जाना जरूरी हो गया है उन्होंने कहा कि शिप्रा नदी पुनरोद्वार कार्य का विस्तार रातिघाट और उसके आसपास के इलाकों तक किया जा रहा है

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि आगामी मानसून के दौरान जुलाई में हरेला पर्व के अवसर पर शिप्रा नदी के आसपास सम्बन्धित विभागों और जन सहयोग के जरिये लाखों की संख्या में वृक्षारोपण किया जाएगा गौरतलब है कि प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियों के पुनरोद्वार के लिए राज्य सरकार काम कर रही है देहरादून की रिस्पना नदी और अल्मोड़ा की कोसी नदी में मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में विशेष पुनरोद्वार कार्य किये गए हैं इस कड़ी में शिप्रा नदी का भी चयन किया गया है स्लग जगदीशिला डोली बाबा विश्वनाथ मां जगदीशिला डोला यात्रा प्रसिद्ध जागेश्वर धाम चितई गोलू देवता मंदिर होते हुए कल देर शाम अल्मोड़ा पहुंची यहां पहुंचने पर नगरपालिकाध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी और पारम्परिक परिधान में महिलाओं ने डोला यात्रा का स्वागत किया डोलायात्रा मुख्य बाजार होते हुए मां नंदा देवी मंदिर पहुंची यात्रा के संयोजक पूर्व कैबिनेट मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य विश्व शांति की कामना के साथ ही देवभूमि की संस्कृति को जीवित रखना है

आग से पर्यावरण और वन संपदा को तो नुकसान हो रही रहा है लोगों का स्वास्थ्य भी खराब होने लगा है बागेश्वर जिले के जंगलों में लगी आग के धुएं से बीमार पड़ने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है जंगलों की आग के कारण गांव से लेकर शहर तक धुएं की आगोश में आ गए हैं धुएं से सांस आंख और एलर्जी के मरीजों की परेशानी बढ़ गई है वातावरण में फैला धुंआ लोगों को बीमार कर रहा है लोग आंखों में जलन सांस लेने में परेशानी महसूस कर रहे हैं आग से पेड़ और अन्य पौधों के जलने से धुएं में विषैली गैस भी घुल गई है अस्थमा के रोगी सबसे ज्यादा दिक्कत में हैं डॉक्टरों का कहना है कि इस स्थिति में लोगों को ठंडे पानी से आंखों को धोना चाहिए और पानी को उबाल कर पीना चाहिए बासी और कटे फल का सेवन भी नहीं करना चाहिए जिले में आग से नष्ट हो रही वन भूमि के वन विभाग के पास सही आंकड़े नहीं होने के मामले को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया है उन्होंने सभी तहसीलों के उपजिलाधिकारियों को इसकी जांच के निर्देश दिए हैं

प्रदेश के चमोली टिहरी चंपावत सहित अधिकांश हिस्सों में आज बारिश हुई कुछ जगह ओले भी गिरे हैं चमोली जिले में आज बारिश हुई और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई टिहरी जिले में भी विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली और जंगलों में लगी आग भी शांत हुई उधर चंपावत में भी कहीं कहीं बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई राजधानी देहरादून में सुबह से ही तन झुलसा देने वाली तेज धूप रही लेकिन दोपहार बाद हल्के गर्जन वाले बादल विकसित होने लगे बागेश्वर जिले में भी तेज बारिश हुई वहीं शनिवार रात को कपकोट में हुई बारिश से बरसाती गदेरे उफान पर आ गए और लोगों के खेतों में मलबा भर गया सरयू नदी का पानी भी मटमैला हो गया जिससे आज पेयजल योजनाएं प्रभावित रहीं सरयू नदी से नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेयजल योजनाएं बनी हुईं हैं

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले कुछ घंटों में रुद्रप्रयाग चमोली और चंपावत में कहीं कहीं तेज बौछारे और ओलावृष्टि की संभावना है देहरादून जिले में भी कहीं कहीं ओलावृष्टि या फिर अंधड़ आ सकता है उत्तरकाशी टिहरी बागेश्वर अल्मोड़ा नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है

इस बीच हरिद्वार पुलिस प्रशासन सोमवती अमावस्या पर होने वाले स्नान के लिए तैयारियों में जुट गया है इस संबंध में पुलिस ब्रीफिंग की गई

सोमवती अमावस्या स्नान और चारधाम यात्रा के चलते हर्दिवार के सभी रास्तों पर इन दिनों जाम लगा हुआ है हालात ये हैं कि बीस किलोमीटर का सफर तय करने में तीन से चार घंटे लग रहे हैं हाईवे से लेकर शहर के अंदर के रास्तों तक जाम की स्थिति है पुलिस ने यातायात प्लान लागू कर दिया है जिसके तहत शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है

ईको टूरिज्म देहरादून की टीम ने वनाग्नि दुर्घटना से होने वाली क्षति नाटक और लोकगीतों के जरिए लोगों तक जंगलों को बचाने का संदेश पहुंचाया